अगले वर्ष जनवरी से सभी चार पहिया वाहनों में फास्ट टैग होगा अनिवार्य देश में कोविड से ठीक होने की दर बढ़कर बान्नबे प्रतिशत से अधिक हई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आई आई टी के नए स्नातकों का आहवान किया है कि वे देश की आवश्यकता को समझें और जमीनी स्तर पर बदलाव के साथ जुड़े श्री मोदी ने उनसे आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में आम लोगों की आकक्षाओं को जानने को भी कहा प्रधानमंत्री कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आई आई टी दिल्ली के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान एक मिशन है यह देश के युवाओं इंजीनियरों और तकनीकी उद्यमियों को अवसर प्रदान करता है उन्होंने कहा कि नवाचार और नवप्रवर्तन को स्वतंत्र रूप से लागू करने और उन्हें आसानी से बाजार उपलब्ध कराने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने युवाओं के कारोबार सुगमता के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे अपने नवाचार के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें

लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है आत्मनिर्भर भारत अमियान आज देश के नौजवानों को टेक्नोक्रेट्स को टेक एंटरप्राइज लीडर को अनेक नई अपोर्वनिटी देने का भी एक अहम अभियान है उनके जो आडियाज हैं इनोवेशन्स हैं वो उनको फ्रीली इम्प्लीमेंट कर सके स्केल कर सके मार्किट कर सके इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है आज भारत अपने युवाओं को इज ऑफ डूईग बिजिनस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्य सेवा प्रदाता ओएसपी दिशानिर्देशों को सरल बनाया गया है और हाल ही में प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं जिससे बीपीओ उद्योगों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा पहली बार एग्रीकल्वर सेक्टर में इनोवेशन और नये स्टार्ट अप के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इनवेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं दो दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के इज ऑफ डूईग बिजिनस से लिए सरकार ने अदर सर्विसिस प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को एकदम सिम्लिफाई कर दिया है इसके अलावा बैंक गारंटी सहित दूसरी अनेक जरूरतों से भी बीपीओ इंडस्ट्री को मुक्त किया गया है प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि तकनीकी उद्योग को घर से या कहीं से भी काम करने जैसी सुविघाओं से रोकने वाले प्रावधानों को भी हटा दिया गया है इससे देश का सुचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा और युवा प्रतिमाओं को अधिक अवसर मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली से डिजिटल माध्यम द्वारा बटन दबाकर वाराणसी के लिए छः सौ चौदह करोड़ रूपये की तीस परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे वर्चुअल कार्यक्रम कल सुबह साढ़े दस बजे से आयोजित होगा लगभग एक घटे के कार्यक्रम में लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मुख्य सचिव भी जुडेंगे प्रधानमंत्री जिले में परियोजनाओं से लाभान्वित तीन लोगों से संवाद भी करेंगे

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुबह कोविड अस्पताल में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर में नियमित रूप से बैठक की जाये मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वायरोलॉजी सेन्टर की आवश्यकता पर बल देते कहा कि इसे नेशनल इंस्ट्टीयूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे की तर्ज पर विकसित किया जाये उन्होंने रोजगार सृजन के अवसर विकसित करने पर भी जोर दिया

यह सभी पुराने वाहनों और पहली दिसम्बर दो हजार सत्रह से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों पर लागू होगा

वाहन निर्माता या उनके डीलर इनकी आपूर्ति कर रहे हैं अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए फास्टैग को पहली अक्तूबर दो हजार उन्नीस से अनिवार्य किया गया था

कोरोना महामारी को देखते हुए हज के दौरान भारत और सऊदी अरब में यात्रियों के ठहरने आने जाने स्वास्थ्य तथा अन्य सुक्विओं के बारे में इस बार कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं हज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि इस वर्ष दस दिसम्बर है लोग ऑन लाइन ऑफ लाइन तथा हज मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं

श्री नकवी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हज के लिए आयु सीमा में भी परिवर्तन किया जा सकता है हर हज यात्री को यात्रा से बहत्तर घंटे पहले कोविड जांच करानी होगी इस बार हज के लिए रवाना होने के स्थानों को घटाकर दस कर दिया गया है ये स्थान हैं अहमदाबाद बेंगलूरू कोच्चि दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद कोलकाता लखनऊ मुंबई और श्रीनगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले साढ़े तीन वर्षो के दौरान ऊर्जा विभाग द्वारा लगभग पौने दो लाख गांवों और मजरों का विद्युतीकरण किया गया तथा प्रदेश के एक करोड़ चौबीस लाख गरीब परिवारों के घरों में बिजली पहुंचाई गई मुख्यमंत्री ने कल वीडियो काफ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर जिले के लिये ऊर्जा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकपण किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने से लेकर नये सब स्टेशन की स्थापना और निशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का कार्य किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप गोरखपुर में निर्वाच विद्युत आपूर्ति हो रही है

कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अठहत्तर लाख से अधिक हो गई है स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी से मौजूदा संक्रमित लोगों की संख्या पांच लाख सोलह हजार ही रह गई है देश में अब तक कोरोना से संक्रमित हुए लोगों की संख्या चौरासी लाख से अधिक हो गई है

राज्यपाल ने स्काउट एवं गाइड द्वारा किये जा रहे कार्यो की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्काउट एवं गाइड बनकर बच्चों में अनुशासन की भावना का विकास होता है तथा वे सामाजिक कार्यक्रमों में सहयोगी को भूमिका निभाकर अपना सक्रिय योगदान देते हैं

प्रदेश सरकार ने राज्य के कई हिस्सों में पराली जलाने के बारे में जागरूकता अभियान चलाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाये और इसके बजाय उसकी खाद बनाये श्री योगो ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित पराली को जलाने वाले किसानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के दौरान उनसे बिल्कुल भी दुर्व्यवहार किया जाए